बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के प्रति वचनबद्ध है और दोनों पक्षों को सद्भावपूर्ण हल के लिए आगे आने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि बैठक में चार मुद्दों में से दो पर सहमित हो गई है श्री तोमर ने कहा कि पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधी अध्यादेश लाने और दूसरा मुद्दा बिजली अधिनियम से संबंधित था श्री तोमर ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य् और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कानून और कृषि उपज के लिए एम एस पी और बाजार मूल्य के बीच अंतर का मुद्दा एक प्रस्तावित समिति को सौंपने की बात हई थी कृषि कानूनों को रद्द करने की किसान संगठनों की मांग के बारे में मंत्री ने कहा था कि यह मुद्दा भी एक समिति को सौंपा जा सकता है जो इसकी संवैधानिक वैधता और किसानों के कल्याण में इसे बनाये रखने पर विचार करेगी न्यायाधिपति शपथ राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कल नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की शपथ राजभवन में दिलाई शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रविवार को सांदीपनि सभागार राजमवन में किया गया था इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गृह एवं विधि विघाई मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा सहित प्रदेश कैबिनेट के मंत्री मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण अधिवक्तागण विधि विधायी कार्य एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने शपथ विधि कार्यवाही का संचालन किया मंत्री शपथ राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कल नवनियुक्त मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई

इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे

इसके लिए कानून बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले समाज के द्रश्मन हैं पत्थरबाजी साधारण अपराध नहीं है इससे किसी की जान भी जा सकती है पत्थरबाजी भय और आतंक का माहौल बनाती है

सजा के साथ ही ऐसे उपद्रवी लोगों को पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी उपद्रवी से आर्थिक भरपाई भी करवाई जाएगी उसकी संपत्ति राजसात की जाएगी

यह आयोजन वन नेशन वन गैस ग्रिड की दिशा में मील का पत्थर है

इस परियोजना पर लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च हए हैं यह पाइपलाइन पर्यावरण के अनुकूल और किफायती दाम पर ईंधन की आपूर्ति करेगी और इससे पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस पीएनजी को घरों में और परिवहन क्षेत्र में सीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी मौसम प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है

उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं के रूकने और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाये रहने से प्रदेश के कई संभागों में रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है

वे नेशनल एटोमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे

मुख्यमंत्री ने उत्खनन कार्य की स्वीकृति दिलाने का आश्वासन दिया है

इसके साथ ही जबलपुर और आदिवासी अंचल गोंदिया रेल मार्ग से जुड़ गये हैं